वैकल्पिक ऊर्जा शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कहा है कि वैकल्पिक ऊर्जा के उत्पादन संबंधी योजना स्वरोजगार की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है

राज्य में वैकल्पिक ऊर्जा को म्ख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से जोड़ने के संबंध में हई बैठक में शहरी विकास मंत्री संबंधित विभाग के अधिकारियों को जल्द परियोजना का खाका तैयार कर एक सप्ताह के अंदर प्रस्त्रतिकरण के निर्देश दिये ताकि परियोजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में जोड़ते हुए कैबिनेट की स्वीकृत प्रदान की जा सके बैठक में राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय जिलों में वैकल्पिक ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं

पर्यटन सचिव राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहंचाने के लिए पर्यटन विभाग ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना और होमस्टे योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू कर दी है पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की व्यवस्था लागू होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की बचत होगी साथ ही प्रभावी रूप से योजना की मॉनिटरिंग की जा सकेगी उन्होंने बताया कि राज्य के बेरोजगारों को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मार्गो पर संचालन के लिए बस या इलैक्ट्रिक बसों को खरीदकर अपना रोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर दिया जाएगा

सचिव अमित सिंह नेगी ने सभी जिलाधिकारियों को डेंगू की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं

जिला चिकित्सालयों समेत अन्य अस्पतालों में भी पानी इकट्ठा न हो उन्होंने जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए पीआरडी के कार्मिकों स्वयंसेवकों को तैनात करने को कहा इसके अलावा सचिव ने डेंगू के प्रति जन जागरूकता फैसलान और जनसहभागिता स्निश्चित करने के निर्देश भी दिये उन्होंने कहा कि डेंगू पीड़ित गंभीर रोगियों के लिए प्लेटलेट्स की उपलब्धता स्निश्चित की जाए सचिव अमित सिंह नेगी ने सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को नगर क्षेत्रों में जन सहयोग से डेंगू की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं

इन परिस्थितियों में तकनीक का महत्व और अधिक बढ़ गया है आज म्ख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जीबीपंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी घ्ड़दौड़ी पौड़ी द्वारा आयोजित स्मार्ट मशीन इंटेलिजेंस और रियल टाइम कम्यूटिंग विषय पर आयोजित दो दिवसीय अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार का श्भारम्भ किया इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग और अभियांत्रिकी के इस यूग में टेक्नॉलोजी को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देना जरूरी है उन्होंने कहा कि आध्निक तकनीक का जितना अधिक इस्तेमाल होगा उससे कार्यों में और अधिक पारदर्शिता आयेगी और समय की बचत भी होगी मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि आने वाले डेढ़ दो सालों में अपने प्रदेश के सुद्रवर्ती गांवों में भी तकनीक के माध्यम से सम्पर्क कर सकें

इससे मेडिकल छात्रों को स्विधा होगी

इस मशीन से एक घंटे में दो सैंपलों की जांच तत्काल हो जाएगी यह स्विधा महिलाओं की डिलीवरी और एक्सीडेंटल केसों में भी अहम साबित होगी भविष्य में इन मशीनों को डेंगू टेस्ट के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डा एलडी सेमवाल ने बताया कि जिलाधिकारी मंगेश घिल्ड़ियाल ने स्वास्थ्य महानिदेशक को पत्र भेजकर जिले में डू नेट मशीनें लगाने की मांग की थी इनमें से एक मशीन को श्रीदेव सुमन संयुक्त चिकित्सालय नरेंद्रनगर और एक मशीन को अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नई टिहरी में लगाया गया है को ऑपरेटिव बैंक शहरी सहकारी और बह राज्य सहकारी बैंकों को रिजर्व बैंक की सीधी निगरानी के तहत लाया जाएगा केंद्र सरकार का यह फैसला बैंकों की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधर लाएगा रुद्रप्र में बैंक अधिकारी नरेंद्र मनराल का कहना है कि बैंक के निदेशक मंडल में एक प्रतिनिधि रिज़र्व बैंक का भी होगा जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और बैंक के प्रति ग्राहकों का विश्वास और मजबूत होगा

बाइट अखिलेश खरे बैंक खाताधारक दुर्घटना देहराद्रन हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पेट्रोलियम पदार्थ टैंकर और एक यात्री वाहन टैम्पो ट्रेवलर की आमने सामने हुई टक्कर में चार लोगों की मृत्यू हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गये सभी मृतक उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के निवासी हैं एक समाचार एजेंसी के मुताबिक कल देर रात थाना डोईवाला प्लिस को मणिमाई मंदिर से हर्रावाला की ओर लगभग एक किलोमीटर आगे एक टैंकर और टेम्पो ट्रैवलर की आमने सामने भिड़ंत की सूचना मिली

ज्ञागेश्वर धाम विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहली जुलाई से दर्शन के लिए अल्मोड़ा जिले के श्रद्धाल्ओं के लिए खोला जायेगा हालांकि इस दौरान यज्ञोपवीत कर्मकाण्ड सहित अन्य धार्मिक क्रिया कलाप बन्द रहेंगे प्रशासन मंदिर प्रबन्धन समिति और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया बैठक में यह भी सहमति बनी कि मन्दिर में दर्शन के लिए सीमित संख्या में ही लोग आ पायेंगे मन्दिर में पूजा पाठ ऑनलाइन किये जाएंगे

मन्दिर में प्रवेश के लिए आनलाइन और ऑफलाइन पास जारी किये जायेंगे बिना पास के मन्दिर में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा

भेडपालन दिहरी टिहरी जिले के कोपड़ धार भाटगांव भिलंग में स्थित भेड़ प्रजनन केंद्र में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत उच्च नस्ल की ऑस्ट्रेलियन मेरीनों भेड़ों का पालन किया जा रहा है

आजकल इन भेड़ों में प्रजनन का काम हो रहा है केंद्र के प्रभारी डॉ प्रदीप मिश्रा का कहना है कि उच्च नस्ल की भेड़ों को स्थानीय मादा भैड़ों से प्रजनन करवाकर उच्च नस्ल की भैड़ों को तैयार किया जा रहा है